बिंदल ने ये इस्तीफा भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे स्वास्थ्य विभाग के निदेशक की कथित वायरल ओडियो सीडी के बाद विपक्ष की ओर से भाजपा पर लगाए गए आरोपों के चलते नैतिकता के आधार पर दिया है उन्होंने दावा किया कि इस मामले में पार्टी का कोई लेनादेना नहीं है और भाजपा पूरी तरह से बेदाग है बिंदल ने कहा कि वायरल ओडियो सीडी मामले की विजिलेंस द्वारा जांच की जा रही है और जांच किसी भी तरह से प्रभावित न हो इसके लिए वे केवल उच्च नैतिक मूल्यों के आधार पर इस्तीफा दे रहे हैं राजीव बिंदल ने ये भी कहा कि कोरोना महामारी के संकट के दौरान भाजपा ने समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पार्टी कार्यकर्ताओं सहित आम लोगों को भी इसकी ओर प्रेरित किया पासवान केन्द्रीय खाद्य व उपभोक्ता मामले मंत्री राम विलास पासवान ने राज्यों से राशन की दुकानों खासतौर पर क्वारेंटीन केंद्रों में वितरित किए जा रहे अनाज की गुणवत्ता पर गंभीरता से ध्यान देने का आग्रह किया है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से भारतीय खाद्य निगम के जरिए राज्यों को भेजे जाने वाले अनाज में गुणवत्ता मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाता राम विलास पासवान ने कहा कि आपूर्ति के समय राज्यों और भारतीय खाद्य निगम के अधिकारी मौजूद रहते हैं

इनमें अधिकांश संकमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापिस आए हैं

पर्यटन मंत्रालय होटलों का वर्गीकरण स्टार रेटिंग के आधार पर करता है इसके अंतर्गत विभिन्न सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए होटलों को पांच सितारा पांच सितारा डीलक्स लेगेसी विंटेज होम स्टे और गेस्ट हाउस जैसी विभिन्न श्रेणियों में रखा जाता है

प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है

संस्था के अध्यक्ष वाईकेपुरी ने बताया कि आपातकाल में सांस की तकलीफ से जूझ रहे बुजुर्गों और बच्चों के लिए ये नेबुलाइज़र काफी लाभदायक साबित होंगे उन्होंने कहा कि संस्था कोरोना योद्वाओं की भूमिका निभा रहे चिकित्सकों की हर संभव मदद करने के लिए प्रयासरत है पुण्यतिथि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है परूथी सिरमौर के उपायुक्त आरकेपरूथी ने बताया कि जिले में दूसरे राज्यों के रैड जोन से आने वाले लोगों को सात दिनों के लिए संस्थागत क्वारंटीन सैंटर में रखा जाएगा उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच रिपोर्ट नैगेटिव आने पर उन्हें होम क्वारंटीन किया जाएगा

इसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं केन्द्र ने राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वदेश लौट रहे भारतीयों से क्वारंटीन अवधि के लिए होटलों द्वारा लिया गया हफ्ते भर का अतिरिक्त शुल्क लौटा दिया जाए